अगले दौर की बातचीत कल होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है शामिल

केन्द्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चौथे दौर की वार्ता खत्म हो गई है बैठक लगभग सात घंटे चली केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुददों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई बहुत ही सौहार्द वातावरण मेंचर्चा हुई यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा वर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिन्दु निकार्ल गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है हम लोग प्रारंभ से यह बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानोंके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसीसशक्त हों और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसीपरिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्राक्षान है तो प्राइवेट मंडियां आएगी लेकिन प्राइवेटमंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानताहो श्री तोमर ने कहा कि बातचीत का अगला दौर कल होगा कृषि मंत्री ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जायेगा और एक बात और चलाई जा रही हैकि नए कानून की वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे वैसे तोएक्ट के जो प्राक्षान है उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है कोई भीकिसान की जमीन की लिखा पद्नी नहीं कर सकता है इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है लेकिनफिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है एमएसपी के मामलेमें लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं एमएसपी चल रहीथीएमएसपी चल रही है आने वाले कल में भी चलती रहेगी बैठक में बत्तीस किसान संघों के चालिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने कृषि किसान कल्याण और ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यो के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिये बीज और खाद जैसी जरूरी कृषि निवेशों की सुगमता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखंड और बिंध्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हर घर नल परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जाये उन्होंने खुले बोरवेल को सुनिश्चित बनाने की कार्रवाई के लिये कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई गोबर धन योजना को राज्य में लागू करने के लिये परियोजनाएं तैयार की जाये उन्होंने किसानों को धान खरीद का भुगतान बहत्तर घंटे के अन्दर करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रभावी कार्यवाई निरन्तर जारी रखी जाये उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिला सेवा योजना अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी और सुनिश्चित किया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मेलों के आयोजन से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग पच्चीस लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम की पन्द्रह इकाइयों ने अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्व करा लिया है

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना का अखंडके दौरान सूक्ष्म लपु एवं मध्यम उद्योग पर ध्यान कॉद्रित कर रही है और कर्ज वितरणकार्यक्रमों से औद्योगिक विकास को गति मिली है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता को गुणवत्ता परक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ कानपुर नगर मेरठ आगरा और वाराणसी पर विशेष ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी मेडिकल कॉलेजों में संबंधित मंडलायुक्तों और जिलाधिकारी आवश्यक बैठक करे तथा विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड वार्ड में नियमित राउंड लें उन्होंने कोविड अस्पतालों में बैड्स की आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर स्तर पर सावधानी बरती जाये और इसके लिये लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाये राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं कोरोना सैम्पल की जांच का कार्य लगातार जारी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक एक करोड़ सत्तानवे लाख अट्ठासी हजार चार सौ सत्तानवे कोरोना नमूनों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में कोरोना से पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ नब्बे कोरोना के मरीज ठीक हुए है और सात हजार आठ सौ अड़तालीस कोरोना रोगियों की पिछले नौ महीने में मौत हुई है उन्होंने बताया कि पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के नौ सौ सड़सठ नये मामले सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बाईस हजार नौ सौ नब्बे हो गई है उन्होंने बताया कि दस हजार आठ सौ छियालीस मरीज होम आइसोलेशन और दो हजार एक सौ चौबीस मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराये जहां कोरोना का सारा इलाज निःशुल्क होता है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपी पीसीएल के अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा है कि वे आगामी गर्मियों को देखते हुए यह सुनिश्चित कराले कि प्रदेश में कही भी ट्रिपिंग न हो उन्होंने कहा कि इसके लिये जो भी आधारमूत सुविधाएं या तकनीकी आवश्यकताएं हो उन्हें समय से पूरा कर लिया जाये श्री शर्मा कल लखनऊ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि यूपी पीसीएल अध्यक्ष डिस्काम्स के सभी प्रबंध निदेशक और निदेशक क्षेत्रों में जाये और उप केन्द्रों की मानीटरिंग करे यह सुनिश्चित किया जाये कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से निस्तारण हो